प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है िक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तथा अन्सूचित आरै अन्सूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन अधिनियम को लोकसभा में पारित किए जाने के बाद मौजूदा मानसून सत्र में सामाजिक न्याय सत्र के तौर पर जाना जाएगा

उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान यात्राएं आयोजित की जायेगी तथा लोगों को एनडीए सरकार द्वारा गरीबों और वंचितों की भलाई के लिए किये गये कार्यो की जानकारी दी जाएगी पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी का हवाला देते हए संसदीय मामले मंत्री अनंत क्मार बताया कि देश में हर वर्ष सामाजिक न्याय सप्ताह एक से नौ अगस्त तक मनाया जायेगा भाजपा संसदीय दल ने दोनों विधेयक पारित होने पर सरकार की प्रशंसा के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया हरियाणा रोडवेज़ संय्क्त संघर्ष समिति के आहवान पर आज हरियाणा में रोडवेज़ का चक्का जाम रहा विभिन्न स्थानों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि हड़ताल के कारण मुसाफिर परेशान रहे और कई जगह रोडवेज की बसों के चलाने के प्रयास में प्लिस और रोडवेज के कर्मियों की बीच कहास्नी भी हई

भिवानी से हमारे संवाददाता के अन्सार रोडवेज़ कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया भिवानी मे रोडवेज़ मे महाप्रबंधक का कार्य भार देख रहे एसडीएम सतीश क्मार सैनी ने कहा कि प्रशासन द्वारा बैकलाप्कि इंतजाम किए गए थे

हिसार से हमारे सवादादता ने बताया कि बहाद्रगढ़ पानीपत हिसार और जींद मे सरकार ने हाल ही नौकरी में आए चालकों को नोटिस जारी किया है

बस अड्डो पर प्लिस बल दमकल गाड़ी और एम्ब्लैंस तैनात रही करनालसे हमारे संवाददाता के अन्सार सर्वकर्मचारी संघ करनाल ने रोडवेज कर्मचारियों के चक्के जाम को पूरा समर्थन दिया हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि चक्काजाम में शामिल हड़ताली कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत बसें जरूर चलाई जाएंगी वहीं रोडवेज के प्रोबेशनर चालकों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाला जाएगा

इसके इलावा इन बसों का परमिट भी सरकारी होगा जिससे ये सरकार के प्री तरह नियंत्रण में होगी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि कर्मचारी यूनियंस के प्रतिनिधियों के साथ राबता कायम करें सरकार वार्ता के तैयार है

खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रस्कृत करने का यह एक अच्छा अवसर है

इस विषय में शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर विज्ञापन निकाला जायेंगा ताकि सभी खिलाडियों को समान अवसर प्राप्त हो सके रोहतक में अपना घर प्रकरण में सेट्रंल जेल अम्बाला में कैद जसवंती देवी और सतीश ने पंचकूला स्थित सीबीआई विशेष् अदालत के फैसले के विरूदव पंजाब व हरियाण उच्च न्यायालय में अपील दायर की है अपील में कहा गया है कि सीबीआई अदालत ने दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यो को सही परिपेक्ष में नहीं देखा मामले की स्नवाई करते हए न्यायालय ने सीबीआई को पन्द्रह अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है

अम्बाला का तेपला निवासी लांस नायक विक्रमजीत सिंह हो आंतकवादियों के साथ म्ठभेड़ में देश की रक्षा करते शहीद हो गया

वह ग्रेज सेक्टर में तैनात से था सूत्रों के अन्सार शहीद के पार्थिव शरीर का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा

इस पौधागिरी अभियान की श्रूआत हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने गत दिनों ग्रुग्राम से की थी

पौधा रोपित करने पर अपनी नाम की पट्टिका अवश्य लगाए

उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री ने नेतृत्व मे पौधागिरी अभियान य्दव स्त्र पर चलाया जा रहा है इसी कड़ी में उन्होंने स्वयं स्कूलों मे जाकर पौधे रोपित किए है